बर्फबारी व वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राजधानी शिमला में इस साल का पहला भारी हिमपात हुआ है शिमला के आसपास के पर्यटन स्थलों कुफरी नारकंडा चायल में बर्फबारी का क्रम लगातार जारी है

बर्फबारी के कारण शिमला ज़िला के ऊपरी इलाकों सहित शहर के अंदरूनी मार्गों में यातायात पूरी तरह बंद है शिमला शहर में वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहंचना पड़ा शहर में जगह जगह पेड़ गिरने से कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है वहीं अनेक स्थानों पर पर्यटकों की गाड़ियां भी फंस गई है

उधर जनजातीय जिला लहौल स्पीति व किन्नौर सहित चंबा सिरमौर और कुल्लू जिले में भी बर्फबारी का क्रम जारी है कुल्लू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली सोलंगनाला धुंधी कोठी और गुलाबा घूमने आए सैलानियों ने बर्फबारी का खूब आंनद लिया ये बर्फबारी व वर्षा किसानों और बागवानों के लिए बहुत फायदेमंद बताई जा रही है

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमपात व वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख सड़कों को बहाल करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा ताकि लोगों विशेषकर मरीजों को कोई परेशानी न हो जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को पर्यटकों व आम लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने को भी कहा

उन्होंने कहा कि उन्नति का यह सफर प्रदेशवासियों के सहयोग व समर्थन से पूरा हुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना सफल हुई है देश की दो कम्पनियों ने कोविड की वैक्सीन तैयार करने की उपलब्धि हासिल की है

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी उन्होंने जन प्रतिनिधियों से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लोगों को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास करने का आहवान किया पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कैंसर दिवस चंबा ज़िला में कैंसर के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और पिछले तीन वर्ष में चार हजार से अधिक लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज चंबा मैडिकल कॉलेज में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की

उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए उचित खान पान और व्यायाम करने की सलाह दी है बिलासपुर के एम्स कोठीपुरा में कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दरोच ने कहा कि समय पर पहचान से कैंसर रोग का उपचार संभव है उधर किन्नौर जिले के रिकांगपिओ स्थित शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाईट में भी विश्व कैंसर दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर ज़िला निगरानी व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कवि राज ने कैंसर रोग के लक्षण व उपचार संबंधी जानकारी दी मानव भारती मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में कांग्रेस ने सरकार पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय की मान्यता रदद करके मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए उन्होंने कहा कि शर्ते पूरी न होने के बावजूद इस विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी दी गई वहीं फर्जी डिग्री मामले में गिरफ़तारी के बाद भी दोषी को जमानत दे दी गई पुलिस राज्य में अवैध नशा तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश पुलिस लगातार प्रयासरत है इसी कड़ी में जनवरी माह के दौरान कुल्लू जिलें में भारी मात्रा में हेरोइन और चरस बरामद की गई है केंद्रीय ऐजेंसियों की सहायता से प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपियों की वित्तीय जांच और अघोषित संपत्ति की कुरकी के लिए भी कार्यवाही की जाएगी

राष्ट्रीय ध्वज प्रदेश सरकार ने आम जनता से विभिन्न राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान प्लास्टिक के झण्डे के स्थान पर कागज से बने राष्ट्रीय झण्डे का उपयोग करने की अपील की है